मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भू जल संरक्षण के लिए आमजन की सहभागिता को आवश्यक बताया

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने च्नौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना की भूमिका की सराहना की

प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण के तैंतीस हजार पांच सौ मरीज स्वस्थ हुए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा विश्व भारत को आशा भरी नजरों से देख रहा है क्योंकि ये खुलेपन अवसरों और विकल्पों का सही संयोजन प्रदान करता है उन्होंने अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा आयोजित इंडिया आइडियाज समिट में मुख्य भाषण देते हुए कहा कि पिछले छः वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक खुला और सुधारोन्मुख बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं प्रधानमंत्री ने अवसरों के देश के रूप में भारत की सराहना करते हुए कहा कि देश में अब लगभग आधा अरब सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और आधे अरब से अधिक और लोग जोड़े जा रहे हैं उन्होंने फाइव जी बिग डेटा एनालिटिक्स क्वांटम कम्प्यूटिंग ब्लॉग चेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सीमान्त प्रौद्योगिकी में अवसरों का भी उल्लेख किया श्री मोदी ने रेखांकित किया कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के व्यापक अवसर हैं उन्होंने हाल में कृषि क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक सुधारों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि कृषि में निवेश करने के अवसर हैं भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र हर साल बाइस प्रतिशत से अधिक तेजी से बढ़ने और चिकित्सा प्रौद्योगिकी टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक के उत्पादन में भारतीय कम्पनियों की प्रगति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश का विस्तार करने का सबसे अच्छा समय है प्रधानमंत्री ने अन्य क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऊर्जा बुनियादी ढांचा सड़क राजमार्ग बंदरगाह और नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के जबरदस्त अवसर हैं उन्होंने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को चौहत्तर प्रतिशत तक बढ़ा रहा है और रक्षा उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए दो रक्षा गलियारे स्थापित किए गए हैं वित्त और बीमा में निवेश को आमंत्रित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने बीमा में निवेश के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को उन्चास प्रतिशत तक बढ़ा दिया है अमेरिका और भारत को स्वाभाविक साझेदार बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये साझेदारी महामारी के बाद विश्व को तेजी से वापस अपनी स्थिति में लौटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपने भवन में वर्षा जल संरक्षण के प्रबन्ध करने की अपील करते हुए कहा कि राज्य में भू जल की उपलब्धता निरन्तर कम हो रही है जिससे जल संसाधन पर दबाव बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि जल प्रकृति की अमूल्य सम्पदा है और इसके संरक्षण की हमें चिन्ता करनी होगी लखनऊ में कल भू जल सप्ताह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के लिये आमजन की सहभागिता अत्यन्त आवश्यक है उन्होंने कहा कि लोगों को भूजल के महत्व के प्रति जागरूक किया जाए श्री योगी ने कहा कि पिछले तीन चार दशकों में अत्यधिक मात्रा में भ् जल दोहन के कारण प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक विषमता देखने को मिली है और राज्य के आठ सौ तेईस विकास खंडों में से दो सौ सत्तासी विकास खंडों में भू जल में बीस सेंटीमीटर प्रति वर्ष गिरावट दर्ज की गई है उन्होंने कहा कि भू जल की उपलब्धता का निरन्तर कम होना चिंताजनक स्थिति की ओर इंगित कर रहा है उन्होंने कहा कि प्रकृति के उपहारों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता नहीं तो उसकी हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी

लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में एल वन एल टू तथा एल थ्री श्रेणी के कोविड अस्पतालों में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के उपचार की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है उन्होंने कन्टेनमेंट जोन में प्र तिबंधों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश देते हुए कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को आवश्यक सामग्री की उपलब्यता में कोई असुविधा न हो मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यालयों तथा संस्थानों में स्थापित कोविड हेल्प डेस्क का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए उन्होंने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा को कानपुर नगर में कोविड नाइन्टीन के उपचार के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड मरीज के संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर त्वरित कार्रवाई करने से कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिलती है इसलिए इस कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए उन्होंने जांच क्षमता बढ़ाने पर जोर देते हुए रैपिड एन्टीजन टेस्ट की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह सड़सठवीं कड़ी होगी लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर डायल कर सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई जी ओ वी पर संदेश लिख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वायुसेना की कार्रवाई की प्र शंसा की है उन्होंने कहा कि हमारी वायुसेना ने हाल में पूर्वी लद्दाख में अग्निम चौकियों पर साजो सामान पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इससे पहले बालाकोट में आतंकी शिविरों पर सफल कार्रवाई की इनसे दुश्मनों को कड़ा संदेश गया है कल नई दिल्ली में तीन दिवसीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि वायुसेना को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड संक्रम ण से ठीक होने वालों की संख्या अट्ठाइस हजार चार सौ बहत्तर हो गई है जो एक दिन की सबसे अधिक संख्या है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड नाइन्टीन से अब तक सात लाख तिरपन हजार उन्वास लोग स्वस्थ हो चुके हैं इसके साथ ही देश में ठीक होने की दर तिरसठ दशमलव एक तीन प्रतिशत हो गई है मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से कोविड के सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या तीन लाख इकतालीस हजार से अधिक है

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि प्रदेश में अब तक तैंतीस हजार पांच सौ मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और बीमारी से एक हजार दो सौ तिरसठ लोगों की मौत हुई है उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड नाइन्टीन के सशिक्र य मामलों की संख्या बीस हजार आठ सौ पच्चीस है श्री प्रसाद ने कहा कि राज्य में कोविड नमूनों की जांच का काम तेजी से किया जा रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पैंतालीस हजार छ सौ पचास नमूनों की जांच की गयी उन्होंने कहा कि अब तक लगभग सोलह लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के फील्ड आउटरीच ब्यूरो बांदा और छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के इस्ट्टीयूट ऑफ हेल्थ साइंस के संयुक्त तत्ववाघान में आगामी सत्ताईस जुलाई को एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है कार्यक्रम के संयोजक क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी बांदा गौरव त्रिपाठी ने बताया कि वेबिनार का विषय कोविड नाइन्टीन हेल्थ आस्पेक्ट एण्ड लाइफ स्टाइल रखा गया है इस वेबिनार में कई प्रख्यात विषय विशेषज्ञ भाग लेंगे मथुरा के बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकाण्ड में दोषी पाये गये ग्यारह पुलिस कर्मियों को जिला न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है इसके साथ समी अभियुक्तों पर दस दस हजार रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है मथुरा की जनपद न्यायाधीश साधना रानी ने कल यह फैसला सुनाया गौरतलब है कि राजस्थान पुलिस ने ग्यारह फरवरी उन्नीस सौ पचासी को मुठभेड़ में भरतपुर के राजा मानसिंह और उनके दो साथियों सुमेर सिंह और हरी सिंह की हत्या कर दी थी पैंतीस साल से चल रहे इस मुकदमे में न्यायालय ने एक दिन पूर्व ग्यारह पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया था इस मुकदमे में तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है